इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्झाव देंगे

इस दौरान उन्होंने यहीं से कैबिनेट बैठक भी की मीडिया से बातचीत में म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए समाज को जागरूक होना होगा श्री चौहान ने कहा कि हम आत्म अन्शासन से मास्क लगाकर स्रक्षित दूरी बनाकर बार बार हाथ धोकर और वैक्सीनेशन से संक्रमण रोक सकते हैं म्ख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए मास्क का मतलब है एम से मेरा ए से आपका एस से स्रक्षा और क से कवच मतलब मेरा आपका स्रक्षा कवच

यह वॉलेंटियर सरकारी व्यवस्था के अतिरिक्त वैक्सीनेशन स्वयं सेवक और चिकित्सा स्विधा स्वयं सेवक के रूप में काम करेंगे उधरप्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है वहींपूर्व म्ख्यमंत्री कमलनाथ ने म्ख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्झाव दिए है उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस समय गहन और तीव्र वैक्सीनेशन अभियान के साथ कोविड अन्कूल व्यवहार को बाध्यकारी बनाने की संय्क्त नीति से कार्य करने की जरुरत है

इस बीच देश में कोविड के नये मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ गई है

वहीं केंद्र सरकार द्वारा आज से विशेष अभियान श्रु किया जा रहा है इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है

सोमवती अमावस्या के आयोजनों पर भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं

पन्ना जिले में सरकारी कर्मचारियों को कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है शिवपुरी शहर में आज बिना मास्क घूमने वालों के चालान किए गए इसके अलावा द्वकानदारों पर भी कार्रवाई की गई रायसेन जिले में मैं भी कोरोना वॉलेंटियर अभियान की श्रुआत होगी

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें

आज प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर देना चाहिए एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि सरकार को निजी क्लिनिकों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल करना चाहिए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की

उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपीनड्डा ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेले जायेंगे

सीहोर जिले के शाहगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहे टीकाकरण का आज सांसद रमाकान्त भार्गव और कलेक्टर अजय ग्प्ता ने निरीक्षण किया